राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर का औचक निरीक्षण किया राज्यपाल इस दौरान विभिन्न कक्षाओं में गए और छात्राओं से उनके विषय से संबंधित कई सवाल पूछे राज्यपाल ने विषय से हटकर छात्राओं से स्कूल की सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की भी जानकारी ली दत्तात्रेय ने इस मौके पर छात्राओं को सम्बोधित करते हुए उन्हें परिश्रम अनुशासन संस्कार और देशभक्ति को जीवन में अपनाकर सफलता हासिल करने का आहवान किया उन्होंने छात्राओं को महात्मा गांधी स्वामी विवेकानन्द और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने को कहा उन्होंने कहा कि हर छात्रा देश को लिए कोई न कोई कार्य देश के लिए निर्धारित करे और उस पर अमल करे राज्यपाल के निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रधानाचार्य मौजूद नहीं थे

डीसी चंबा उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने लोक निर्माण विभाग व एनएच अधिकारियों को जिला में विभिन्न सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में ये साईन बोर्ड उन स्थानों पर लगाए जाएं जहां बाहर से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा रहती है उपायुक्त आज चंबा में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उपायुक्त ने ये भी कहा कि पुलिस विमाग और राज्य पथ परिवहन निगम ने भी जिले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की ँ पहचान की है